राजभवन बैठक राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि रोजगारन्मुखी पाढ़यक़मों के संचालन के लिए औद्योगिक संस्थाओं से समन्व्य कायम करें जो निर्णय लें उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ परिणाम तक ले जाये श्री टंडन कल राजभवन में प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के क्लपतियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कुलपतियों को नई सोच ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में पहल करने को कहा उल्लेखनीय है कि राज्यपाल की पहल पर प्रदेश में विश्वविद्यालयों का कंसोर्टियम बनाया गया है इसके माध्यम से विश्वविद्यालय एक द्रसरे की विशेषज्ञताओं का उपयोग कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करवायेंगे

इस दौरान शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से स्कूलों में कापी चेकिंग कार्य का निरीक्षण भी कराया जायेगा इस अभियान के दौरान कक्षा के समस्त उपस्थित छात्रों की संबंधित विषयों की शत प्रतिशत कापियां चेक की जायेगी अधिकारी और कर्मचारी यह भी चेक करेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक विषय की कापी बनाई गई है अथवा नही पढाये गये सभी पाठों का अभ्यास कार्य कापी में कराया गया है अथवा नही शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को नियमित रूप से व्यक्तिगत फीडबैक देकर पुनः अभ्यास कराया जा रहा है या नही इस अभियान के अंतर्गत निरीक्षण के उपरान्त अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर कापी चेकिंग का समग्र आंकलन किया जायेगा एग्री स्टार्टअप राज्य सरकार एग्री स्टार्ट अप को संरक्षण देगी इसके लिए शीघ्र ही नीति निर्धारित की जायेगी यह बात प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि मंत्री सचिन यादव ने कही वे कल आरसीव्हीपी नरोहा प्रकाशन अकादमी में एग्री स्टार्ट अप रोल ऑफ इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी इन कोऑपरेटिव डेव्लपमेंट इन इंडिया कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे श्री यादव ने कहा कि किसानों को बाजार से जोड़ना उत्पाद को बाजार मुहैया कराना उचित मूल्य दिलवाना लागत मूल्य कम करवाना आर्गेनिक उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का उत्पादन वेल्यू एडिशन आदि क्षेत्रों में नवाचार और नवीन तकनीक का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक है उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों को जल्द ही ऑनलाइन किया जायेगा मेगाफुड पार्क भारत सरकार द्वारा किसानो की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से देवास में मेगाफुड पार्क की स्थापना की जा रही है केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल आज देवास में अवंति मेगाफूट पार्क का उद्घाटन करेंगी इस अवसर पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित रहेंगे

इस फुटपार्क में सोयाबीन चना गेहू सहित समस्त अनाज की फुड प्रोसेसिंग होगी इसके साथ ही इन्दौर उज्जैन धार और आगर में वेयरहाउस भी खोले जायेंगे

दोनों मंत्रियों ने नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी किया

श्री पोखरियाल ने विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी के जरिए फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए खेल मंत्रालय से हाथ मिलाने के लिए सीबीएसई की भी तारीफ की श्री पोखलियाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और सीबीएसई स्कूल शिक्षा के हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी लोग मिलकर कार्य करें यह बात नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यो की समीक्षा करते हुए कही

प्रशिक्षण के बाद योग्य युवाओं के प्लेसमेंट की योजना बनाये

समहों को स्वीकृत लोन का वितरण बैंकों से जल्द करवाये बुक माई शो भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय के टिकट अब सिनेमा टिकट बुक करने वाली वैबसाइट बुक माई शो पर भी उपलब्ध रहेंगे कल नई दिल्ली में फिल्म प्रभाग और बुक माई शो के बीच इस बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय भारत में सिनेमा का एकमात्र संग्रहालय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में मुम्बई के फिल्म प्रभाग परिसर में संग्रहालय का उद्घाटन किया था यूरिया रबी के मौसम में प्रदेश के किसानों को जरूरत के अनुसार यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चत किये जाने के लिए विभिन्न जिलों में पर्याप्त प्रबंध किये गये हैं

इसी प्रकार शिवपुरी जिले में भी किसानों के लिए यूरिया की आपूर्ति लगातार की जा रही है

उर्वरक विकेताओं के यहां यूरिया का वितरण कराने के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है किसानों को पर्याप्त रूप से यूरिया उपलब्ध हो इसके लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है

कांफेंस में द्वनियाभर के दार्शनिक विद्वान शिक्षाविद और अध्यात्मिक गुरू शामिल होंगे